इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू कीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सुरत में उनका अहित नहीं होने देंगे श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे उन्होंने कहा कि चौघरी साहब ने जीवनभर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश चौधरी चरण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को प्ष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय द्वारा चौधरी चरण सिंह पर एक प्रस्तिका गणमान्य लोगों को भेंट की गई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्द है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयन्ती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने विधान भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के सशक्तीकरण के प्रति समर्पित रहे उन्होंने हमेशा उपेक्षित लोगों के उत्थान के प्रयास किये मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सादगी और सत्यनिष्ठा के आदर्श थे मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत किसानों को ट्रेक्टर और क्रषि उपकरण बांटे तेईस दिसम्बर का दिन भारत के पांचवे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है हापुड़ में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती उनके जन्म स्थली हापुड़ में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई गयी जिसमे कृषक गोष्ठी प्रदर्शनी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यअतिथि भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल पहुँचे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर मात्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री लखनऊ में किसानों को संबोधित कर रहे थे यह बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी मंडिया समाप्त नहीं होंगी लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ईपीएफसी एक्ट के अंतर्गत यह प्राव्यान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उर्से दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं बिना किसी टैक्स के बिना किसी सरवार्ज के किसान अपने उत्पाद को देश के अंदर किसी मी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है श्री योगी ने कहा कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर पंचानबे दशमवल छह नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में छबीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार क्ल छानबे लाख तिरसठ हजार से अधिक लोग ठीक हए हैं वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब दो लाख नवासी हजार सक्रिय मामले हैं प्रयागराज जिले के फूलप्र में कल रात इफको संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव से दो लोगों की मौत हो गई और अट्ठारह अन्य घायल हो गए पुलिस के अनुसार बीती रात गैस लीक हो गई जिससे श्रमिक गैस की चपेट में आ गये गैस से प्रभावित श्रमिकों को इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया जहां दो कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया विभिन्न संचार माध्यमों में प्रसारित फेक न्यूज से निपटने के लिए हम अपने श्रोताओं को तथ्यों की जानकारी देने और असलियत उजागर करने के प्रयास करते हैं सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी की आधिकारिक वेबसाइट और इस पर विमिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी ने सरकार की ओर से किसी भी पद के लिए अब तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है